शहरी विकास विभाग की कल शाम एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला और धर्मशाला में विभिन्न परियोजनायें कार्यन्वित की जा रही है ये दोनों शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला और नगर परिषद कुल्लू में अम्रुत मिशन कार्यन्वित किया जा रहा है ये परियोजना पेयजल आपूर्ति संवर्धन जल उपचार संयत्र पार्क व हरित स्थल विकसित करने सहित विभिन्न योजनाओं पर लक्षित है मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कि नगर परिषदों में अधिकतम पार्किंग स्थलों को विकसित और स्तरोन्नत करने के प्रयास करने की ज़रूरत बताई ताकि सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे

अपने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए मिड हिमालय प्रोजैक्ट के तहत हिमाचल को बेहतरीन काम के लिए ये राशि प्राप्त हुई है

नई दरें एक जून से लागू हो गई हैं

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में चार सौ हुए कोरोना मरीज पंजाब केसरी के शब्द हैं एचआरटीसी खाली नहीं दौड़ायेगा बसें

दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश की प्रदुषित सात में से चार नदियों अश्विनी पब्बर गिरी और ब्यास का पानी हुआ साफ प्रदुषण स्तर घटा हिमाचल दस्तक के अनुसार सोमवार से न मंदिर खुलेंगे न ही होटल सरकार को आशंका भीड़ में न बदल जाये आस्था एसओपी जारी करने से पहले नए सिरे से होगा चिंतन दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में मंहगी नहीं होगी बिजली कोरोना संकट के कारण नियामक आयोग ने नहीं बढ़ाये दाम हिमाचल का टूरिज्म सैक्टर लॉक शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है बाहरी टूरिस्ट से गुलजार रहने वाला एडवेंचर टूरिज्म कोरोना ने किया बर्बाद

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मनरेगा के अंतर्गत अपनी भूमि पर कार्य कर सकते हैं बेरोजगार ग्रामीण